सोलन में दून विधानसभा क्षेत्र के तहत वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पट्टा महलोग में होने वाले जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा करेंगे जबकि परिहवन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर कुल्लू के रायसन में जनमंच कार्यक्रम में जन सुनवाई करेंगे सिरमौर जिले के पुरवाला में आयोजित होने वाले जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल करेंगे मौसम प्रदेश में भारी बर्फबारी की चेतवानी के बीच पर्यटन नगरी मनाली और डलहौली में नए साल की पहली बर्फबारी हुई है कुल्लू लाहौल स्पिति किन्नौर सिरमौर चम्बा मंडी और कांगड़ा जिलों की ऊंची चोटियां सफेद हो गई है

इधर राजधानी शिमला सहित प्रदेश के निचले इलाकों में बादल छाए हुए हैं उंची चोटियों पर हो रहे हिमपात से शीतलहर बढ़ गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है

आग कुल्लू जिला के आनी उपमंडल में कोठी गांव में बीत रात आगजनी की घटना में दो मंजिला मकान जल कर राख हो गया इस मकान में कुछ दुकानें भी बताई जा रही है प्रशासन द्वारा मौके पर राहत एवं बचाव दल रवाना कर दिया गया है इस घटना में लाखों रुपये के नुकसान होने का अंदेशा है

ये जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में सांसद वीरेन्द्र कश्यप के एक सवाल के जवाब में दी उन्होंने कहा कि पिंजौर बददी नालागड़ में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिना किसी रूकावट के उचित चौड़ाई की जमीन मिलते ही कार्य शुरू किया जाएगा मांडविया ने कहा कि जमीन के सर्किल रेट का मामला प्रदेश उच्च न्यायालय के विचाराधीन है

पंजाब केसरी के शब्द हैं आठ आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर जाली दस्तावेजों के आधार पर बैंकों से लिया करोड़ों रुपये का कर्ज

अमर उजाला का शीर्षक है मनाली डलहौली में नए साल की पहली बर्फबारी लाहौल के अलावा किन्नौर कुल्लू मंडी और कांगड़ा के पहाड़ बर्फ से फिर लकदक शिमला में गिरे फाहे

प्रदेश के स्कूलों में सरकारी कार्यक्रमों पर लगी रोक हटी शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है हाईकोर्ट ने कहा केवल छुट्टी के दिन होंगे आधिकारिक कार्यक्रम दिव्य हिमाचल के शब्द हैं स्कूलों में करवाए जा सकेंगे समारोह

दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय शिक्षकों की भर्ती में लिखता है प्रदेश में एसएमसी के जरीये शिक्षकों के रिक्त पद भरना सराहनीय फैसला है लेकिन इनकी नियमित तैनाती के लिए भी सरकार को प्रयास करना चाहिए